जयपुर रेलवे स्टेशन पर एटीएस ने आश्रम एक्सप्रेस से करोडों की नकदी और भारी मात्रा में सोना चांदी किया बरामद दीपावली के त्यौहार को देखते हुए जयपुर में सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध

श्री मोदी ने कल नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए सीकर कोटा कोरबा टीकमगढ़ और ब्लन्दशहर में भाजपा के ब्थ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया उन्होंने कहा कि भारत की यह उपलब्धि तीव्र प्रगति और मजबूत विकास को दर्शाती है

उन्होंने कहा कि देश के द्रदराज के इलाकों में भी बिजली उपलब्ध करा दी गई है और समूचे भारत में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रत्येक कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए

इधर केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपो पर पलटवार करते हुए कहा कि बीमार कांग्रेस पार्टी राजस्थान को बीमारु राज्य बता रही है श्री जावड़ेकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और उसके नेता झूठे आरोप लगा कर प्रदेश को बदनाम कर रहे है उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुये कहा हम किसी भी मुद्दे पर उनसे बहस करने को तैयार है

हनुमानगढ़ में आकर्षक लोकंगीतों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है

इस पोस्टकार्ड पर दीपक का चित्र बनाकर अंग्रेजी में स्वीप लिखा हुआ है जेल अधीक्षक पारस जांगिड ने बताया कि जेल में बंद लगभग ढाई सौ कैदियों द्वारा अपने संबंधियों को पोस्टकार्ड लिखकर यह संदेश दिया गया है

एटीएस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि एटीएस को सूचना मिली थी कि आश्रम एक्सप्रेस में भारी मात्रा में नकदी और सोना चांदी लाया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रलिस मामले की जांच कर रही है इससे पहले कल जीआरपी पुलिस ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर ही एक यात्री से चैकिंग के दौरान करोड़ों रूपये के सोने के आभूषण जब्त किए थे

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एनआईवी ने पिछले दिनों जीका वाइरस के फैलने के दौरान विभिन्न समयों पर वाइरस की पांच प्रजातियों की जांच की एनआईवी ने अपने अध्ययन में पाया कि एडीज मच्छरों में मौजूद जीका वाइरस की प्रजाति और जयपुर में पायी गयी इसकी प्रजाति में अंतर है जयपुर में पाया गया जीका का वाइरस ज्यादा सकामक और घातक नहीं है इस बीच कल जयपुर में केन्द्रीय अतिरिक्त सचिव तथा एनएचएम मिशन निदेशक मनोज झालानी ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हैल्थ वैलनेस सेंटर का दौरा किया उन्होंने जीका की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की उधर दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से जयपुर में जीका वाइरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में फंसे घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया